परिषद में मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव शामिल हुए केन्द्रीय गृहमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष हैं बैठक में सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था पर व्यापक बातचीत हई इसके अलावा इन राज्यों में सड़क बिजली पानी और परिवहन के मुददों पर भी चर्चा हुई बैठक में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ ने जीएसटी की बकाया राशि को जारी करने और राज्यों को मिलने वाले कर में बढ़ोत्तरी करने की मांग रखी राज्यपाल टंडन राज्यपाल लालजी टंडन ने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के दीक्षांत समारोह में कहा कि युवा वर्ग शक्तिशाली भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करे उन्होंने कहा कि युवाओं को समाज में अपनी रचनात्मक पहचान बनाना चाहिए मन में राष्ट्र के प्रति सम्मान होना चाहिए भारतीय संस्कृति अध्यात्म और पूर्वजों की विरासत पर गर्व होना चाहिए समारोह में उच्च शिक्ष मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि युवा वर्ग मानवीय दृष्टिकोण के साथ समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें इससे चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी रामायण कांफ्रेंस संस्कारधानी जबलपुर में द्वितीय वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्यमंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि संकल्प से सब कुछ संभव है और यह आयोजन ऐसे ही एक संकल्प का जीवंत परिणाम है मानस भवन सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न देशों के रामायण दर्शन प्रेमी लोगों के साथ शहर के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे कार्यक्रम में मॉरीशस दक्षिण अफ्रीका वेस्टइंडीज थाईलैंड और अमेरिका से आए मानस प्रेमियों ने भी अपने उद्बोधन दिए

लक्ष्मण सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने लोगों से इस विषय में रुचि रखने वाले व्यक्तियों विषय विशेषज्ञों तथा संस्थाओं से सुझाव आमंत्रित किये गये हैं

विधेयक की प्रति मध्यप्रदेश विधान सभा की वेबसाइट एम पी विधानसभा एनआईसी इन पर उपलब्ध है

इस दौरान डीजे भी प्रतिबंधित रहेंगे कलेक्टर द्वारा बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर यह निर्देष जारी किये गए हैं वहीं राजगढ़ में भी कलेक्टर निधि निवेदिता ने लाउड स्पीकर और ध्वनि प्रसारक यंत्रों पर जिले में रोक लगा दी है

इच्छुक युवक आदिवासी वित्त विकास निगम से सम्पर्क कर सकते हैं

देवास से मिली रिपोर्ट के अनुसार जिले में जनपद पंचायत जिला पंचायत के लिए आरक्षण निर्धारित तिथि को तय किया जाएगा

पुलिस के अनुसार ये लोग एनआरसी एवं सीएए के विरोध में नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाल रहे थे

कोरोना वायरस उज्जैन जिले में चीन से लौटे एक व्यक्ति के कोरोना वायरस से संकमित होने की खबर का जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ महावीर खंडेलवाल ने खंडन किया है उनका कहना है कि जिले में कोई भी इस बीमारी से पीड़ित नहीं है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इस बीमारी के बारे में किसी तरह की अफवाहों से डरने की आवश्यकता नहीं है चीन से लौटे व्यक्ति की जांच ऐहतियातन तौर पर की जा रही है वहीं मंदसौर जिला कलेक्टर मनोज पुष्प ने स्वास्थ्य विभाग को इस वायरस के प्रति सचेत रहने के निर्देष जारी किये हैं सागर संवाददाता ने बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सतर्क हैं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्देष का सख्ती से पालन किया जा रहा है गौररतलब है कि चीन में इन दिनों कुछ इलाको में इस वायरस का संक्रमण फैला है

इस दौरान कृष्ठ के विरूद्व युद्ध अभियान चलाया जायेगा

राज्य आनंद संस्थान के इस आयोजन में ग्रामीण क्षेत्रों की शासकीय महिला कर्मचारियों ने घरेलू महिलाओं के साथ विभिन्न खेलो में हिस्सा लिया इन महिलाओं ने कबड्डी खो खो जैसे विभिन्न खेलों में दो दो हाथ किये